मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के दौरान ये बात कही

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस रिथिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई

जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले दो दिनों में इस अभियान के तहत पूरे राज्य को कवर कर लिया जाएगा

ऑनलाइन शिक्षा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आज नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के उद्देश्य से शुरू किया गया है निशंक ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सभी प्रतिभाओं को ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है

निशंक ने कहा कि वे सभी सुझावों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करेंगे ऑनलाईन पढाई इधर सोलन जिले के नौणी स्थित बागवानी व वाणिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑनलाईन पढ़ाया जा रहा है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंद्र कौशल ने बताया कि विजुअल क्लास रूम के अलावा वाट्सएप्प व गूगल क्लास रूम सहित यूजीसी द्वारा निर्धारित वैबसाईटों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों व बागवानों के लिए वाट्सएप्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कुल्लू व मनाली सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों को रोहतांग दर्रा खुलने के बाद ही घाटी में पहुंचाया जाएगा मारकंडा ने कहा कि बीआरओ ने आगामी दो सप्ताह के भीतर रोहतांग दर्रे को खोलने का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति आने वाले लोगों और कर्मचारियों की मढ़ी कोकसर और सिस्सु में स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उसके बाद ही उन्हें यहां आने की अनुमति दी जाएगी बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित मंडल अध्यक्षों से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की इस अवसर पर उन्होंने कहा प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार का सहयोग करेगा उन्होंने मंडल अध्यक्षों से समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़ कर आगे आने का आह्वान किया

उन्होंने बताया कि पांवटा साहिब विकास खंड के सरकारी स्कूल तरूवाला में बने क्वारंटाईन केंद्र को आगामी आदेशों तक विशेष क्वारंटाईन केंद्र में तबदील किया गया है उपायुक्त ने बताया कि सभी पंचायतों को पंचायत स्तरीय प्रबंधक समिति का गठन करने के आदेश दिए गए हैं

उपायुक्त आदेश सोलन ज़िला में चालकों की सुविधा के लिए सभी उपमंडलों में चिन्हित ढाबों को अगले आदेश तक प्रतिदिन हर समय खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने बताया कि कफर्यू के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए कार्यरत और आवश्यक सामग्री के परिवहन से जुड़े चालकों की सुविधा के लिए ये कदम उठाए गए हैं